कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

गौरतलब है कि इस बार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं

अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की कथनी व करनी में भारी अंतर है धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी प्रदेश को दोगुना राशि दी मगर स्थानीय निकाय में पैसा खर्च करने की इच्छा शक्ति न होने के कारण लोगों को सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा उन्होंने कहा कि धर्मशाला में भाजपा शासित नगर निगम बनने से विकास कार्यों को गति मिलेगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र से न तो धन की कमी पहले आई है और न ही आने देंगे इस बीच उन्होंने धर्मशाला नगर निगम के विभिन्न वार्डो में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया है सोलन में आज एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में राजीव सैजल ने कहा कि नगर निगम सोलन शहर की आवश्यकता थी जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरा किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सोलन में विकास का श्रेय भाजपा को जाता है उन्होंने कहा कि सोलन तेज़ गति से बढ़ने वाला शहर है मगर पूर्व कांग्रे सरकार ने इसे नगर निगम का दर्जा नहीं दिया सुधीर पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी दृष्टिपत्र को कांग्रेस के दृष्टिपत्र की नकल करार दिया है धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दो ट्कड़े करने का भी आरोप लगाया सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पूरी शालीनता के साथ चुनाव लड़ा है जबकि भाजपा दबाव की राजनीति कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपनी इस कार्यकाल में विकास करने में असमर्थ रही है सोलन में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि सोलन सहित सभी नगर निगमों में कांग्रेस को भारी समर्थन मिल रहा है इस मौके पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस विजय हासिल करेगी

इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यकम से आयोजित किया जाएगा एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे समिति देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही ब्याज दरों पर भी फैसला करेगे पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था

वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान लोगों को कोई भी राहत न देने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना ने जहां एक ओर देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है वहीं सरकार किसी भी वर्ग को कोई भी राहत देने में नाकाम साबित हुई है वीरभद्र सिंह ने कहा है कि बढ़ती मंहगाई व बेरोजगारी से आम लोगों के साथ साथ युवा वर्ग हताशा में है नगर निगम चुनावों में लोगों से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का आहवान करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बिना भेदभाव के प्रदेश का एक सम्मान विकास किया है सुरेश कश्यप भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि छः अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस बूथ स्तर पर मनाया जाएगा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे आज पार्टी की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कश्यप ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्कीन लगाई जाएंगी

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने केन्द्र सरकार से इस प्रकार की हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है राठौर ने कहा कि देश इन शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा मौसम जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में बीती रात से रूक रूक कर हल्की बर्फबारी हो रही है बारालाचा व जिंगजिंगबार इलाके में करीब आधा फूट हिमपात होने से मनाली लेह मार्ग पर दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है जिले में मटर का सीजन शुरू होने वाला है मगर खराब मौसम ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है कुल्लू व चंबा ज़िले की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है जबकि प्रदेश के कुछ भागों में हल्की वर्षा होने का भी समाचार है राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में आज दिन भर बादल छाए रहे इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ जबकि अन्य भागों में वर्षा होने का अनुमान लगाया है बर्डफल् कुल्लू जिला उपायुक्त ऋचा वर्मा ने अधिकारियों को बर्डफ्लू को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए है उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चिकन की दुकानों द्वारा मुर्गो के अपशिष्ट को खुले में न फेंक कर उचित ढंग से निपटारा किया जाए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है

इस अभियान में सभी को मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा

कल हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है स्वर्णिम हिमाचल शिमला ज़िले में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आज शिमला में अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में हुई